परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का दिया गया निर्देश

राज्यभर में कृषि पंचायतों का होगा आयोजन और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट भारतीय रेल अपने इक्कीस रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से पंद्रह दिसम्बर सेएक लाख चालीस हजार से अधिक पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देशभर के दो करोड़ चौवालीस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान पंद्रह दिसम्बर से अठारह दिसम्बर तक चलेगा इसके बाद एन टी पी सी श्रेणियों की भर्ती का काम अटठाईस दिसम्बर से मार्च दो हजार इक्कीस तक चलेगा तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल दो हजार इक्कीस से लेकर जून दो हजार इक्कीस तक होगी परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत ई मेल और एस एम एस के माध्यम से दी जायेगी इसमें परीक्षा केन्द्र तिथि और पाली की जानकारी होगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से चार दिन पहले जारी किए जायेंगे विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डो ने कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है उम्मीदवारों के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी मास्क और सेनेटाइजर का प्रबंध किया गया है परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जायेंगी मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवार का तापमान मापा जायेगा और निर्धारित स्तर से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को परीक्षा कोन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ऐसे अभ्यार्थियों को दोबारा परीक्षा की सूचना उनके मोबाइल नम्बर और ई मेल के माध्यम से दी जायेगी अभ्यार्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर कोविड उन्नीस से सम्बन्धित स्व घोषणा करनी होगी इसके नहीं होने पर उन्हें परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी कोविड उन्नीस से बचाव के लिए परीक्षा केन्द्रों पर व्यापक प्रबंध किये जायेंगे प्रत्येक पाली के बाद परीक्षा केन्द्रों को सेनेटाइज किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी और अमान्य डिग्री के आधार पर नियोजित शिक्षकों की जांच और उन पर कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को नौ जनवरी तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में पांच वर्ष पूर्व ही रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन अब तक सरकार का रवैया असंतोषजनक रहा है इसलिए यह आखिरी मौका है गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो प्रदेश में तीन लाख संतावन हजार नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की जांच कर रहा है अब तक फर्जी डिग्री के आधार पर नियोजित एक हजार दो सौ शिक्षकों को सेवामुक्त किया जा चुका है जांच एजेंसी को अब तक पच्चीस हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर नहीं मिले हैं पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालत में बैंक बिजली विभाग श्रम विभाग वाहन दुर्घटना क्लेम और बीएसएनएल के बिल से संबंधित मामलों के साथ साथ कई प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जायेगा राज्य सरकार ने भूमि विवादों को चार श्रेणियों में बांटकर उसका समाधान निकालने का अधिकारियों को निर्देश दिया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की हुई बैठक में ये फैसला किया गया व्यक्तिगत भूमि विवाद न्यायालय में चल रहे विवाद विधि व्यवस्था बिगड़ने के श्रेणी वाले विवाद और सामान्य श्रेणी के विवाद चार श्रेणी होंगे वहीं बैठक में विवादों के निपटारे के लिये विभाग में डीआईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति पर भी सहमति बनी साथ ही सभी अंचलों में चार चार सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी थाना और चौकी के लिये जमीन की तलाश करने का अधिकारियों को आदेश दिया है श्री कुमार ने जमीन तलाश पूरी होने पर तत्काल भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्देश दिया है भारतीय जनता पार्टी कृषि सुधारों से संबंधित नये कानूनों के बारे में आम किसानों को जानकारी देने के लिये बिहार समेत अन्य राज्यों में व्यापक अभियान चलायेगी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने बताया कि इस अभियान के तहत जनसभा सम्मेलन किसान चौपाल किसान पंचायत और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को नये कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारियां दी जायेंगी उन्होंने बताया कि विपक्ष की ओर से उठाये जा रहे सवालों का भी जवाब दिया जायेगा श्री पटेल ने कहा कि किसान पंचायत की विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिये कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव पटना आ रहे हैं उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना के बख्तिायारपुर में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे कृषि सुधारों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुये राज्य सरकार ने रबी फसल को लेकर चलाये जा रहे कृषि चौपाल को सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित कराने का निर्देश दिया है राज्य के कृषि निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर किसान चौपाल के समय पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौंतीस हजार नौ सौ चालीस हो गई है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार तीन सौ बारह लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार दो सौ पच्चीस है बदलते मौसम में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने लोगों से अधिक सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है

उनमें हमें बहत ही संभल कर रहना चाहिए बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए उस समय बाजार जाए जिस समय भीड़ भाड़ कम हो तीन चीजें बहुत इंपोटेंट हैं एक चीज की थोड़ा सा हमें रिइंफेक्शन होने के चांसेजहो रहे हैं दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है और तीसरा ठंड में दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है तो हमें बहुत बच करके रहना है बाजारों से जो बहुतदूर रहें जब तक की बहुत अति आवश्यक न हो पूर्व मध्य रेल के समस्तीपूर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए अट्ठाईस रेलवे स्टेशनों पर पचास बहुउद्देशीय स्टॉल खोलने का निर्णय लिया है मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने बताया कि कोविड उन्नीस को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय स्टॉल खोलने की योजना बनायी गयी है जिससे ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को सामान खरीदने के लिए स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़े इस नई सुविधा के तहत यात्रियों को दवा से लेकर खाने पीने और जरूरत के अन्य सामान प्लेटफॉर्म स्थित एक ही स्टॉल पर मिल जाएंगे श्री कुमार ने बताया कि जनकपुर रोड जयनगर झंझारपुर सकरी सीतामढ़ी रक्सौल दरभंगा समस्तीपुर सुगौली और सहरसा समेत अट्ठाईस स्टेशनों पर बहुउद्देशीय स्टॉल शुरू किये जायेंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर में कुहासे की स्थिति बनी हुई है वहीं सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पंद्रह और सोलह दिसंबर को बारिश होने के बाद कुहासे में कमी आयेगी लेकिन ठंड में बढ़ोतरी होगी

पटना हवाई अड्डे से दिन के ग्यारह बजे के बाद ही विमान परिचालन संभव हो सका वहीं रेलवे ने कोहरे को देखते हुये मालदा टाउन नई दिल्ली और अजमेर सियालदाह समेत तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को परिचालन रद्द कर दिया है वहीं राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस समेत आठ जोड़ी ट्रेनों के परिचालन के दिन में कमी की गई है कोहरे के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सुशील कुमार मोदी आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू उन्हें शपथ दिलायेंगे राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को इकतीस जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम समयसीमा अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दी है इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नये साल से यूपीआई के माध्यम से लेनदेन महंगा हो जायेगा और थर्ड पार्टी एप के माध्यम से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को आधारहीन बताते हुये कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है डाकघर के बचत खातों में आज से कम से कम पांच सौ रूपये रखना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर एक सौ अठारह रूपये आर्थिक दंड लगाया जायेगा प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्राओं को अनुचित व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिये छात्रा क्लब का गठन किया जायेगा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यालयों के प्रचार्य को क्लब के गठन के लिये अधिकृत किया गया है क्लब की प्रमुख विद्यालय की एक शिक्षिका होंगी क्लब के माध्यम से छात्राओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जायेगी साथ ही उन्हें किशोरी स्वास्थ्य संबंधी चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि छात्राओं के साथ विद्यालय परिसर में अनूचित व्यवहार होने पर दो शिक्षिकाओं की कमिटी बनाकर पूरे मामले की दस दिनों के अंदर जांच करवाने का भी निर्देश दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू ने शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस के अंतर्गत जून महीने में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रोन्नत करने का फैसला किया है इग्नू के पटना क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर को स्वाधार गृह कांड में न्यायिक हिरासत में लिया जायेगा इसके लिये विशेष अदालत ने मंजूरी दे दी है बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिये पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल तेईस अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया पटना के बिक्रम थाना क्षेत्र के खोरैठा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में सोनपुर थाने के दारोगा नंदकिशोर सिंह की मौत हो गई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

हिन्दुस्तान ने लिखा है डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित दैनिक जागरण लिखता है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं असामाजिक तत्व दैनिक भास्कर की सुर्खी है लालू प्रसाद की बेल अर्जी पर सुनवाई टली जेल में मनेगा नया साल प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर में लिखा है आठ महीने से बंद कोचिंग संस्थान नौ लाख तीस हजार लोगों की जिंदगी हुई बेपटरी दैनिक आज ने लिखा है शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की तैयारी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है जेपी नड्डा पर हमले को लेकर केंद्र और ममता सरकार आमने सामने

परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का दिया गया निर्देश

राज्यभर में कृषि पंचायतों का होगा आयोजन और पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में